रांची में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर दस हजार चार सौ बावन से अधिक हो गई है वहीं अबतक सात सौ से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई है राज्य में अबतक ग्यारह लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है राज्य में अर्भी कोरोना के चौदह हजार चार सौ दस सक्रिय मामले हैं पूर्वी सिंहभूम में आठ हजार चार सौ बयासी धनबाद में तीन हजार तीन सौ बासठ बोकारो में दो हजार एक सौ पचहत्तर गिरिडीह में दो हजार तीन सौ बत्तीस और हजारीबाग जिले में दो हजार तिरासी से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं सरायकेला सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम गढ़वा गुमला कोडरमा लातेहार देवघर और पलामू जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर सत्तर प्रतिशत से अधिक है

वहीं देवघर तथा सिमडेगा को पांच पांच हजार सैंपल की जांच का लक्ष्य है स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस अभियान से संबंधित निर्देश उपायुक्तों को दिया है साथ ही वृद्व एवं अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की अधिक जांच का निर्देश दिया गया है इस अभियान के तहत हाट बाजारों स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस कर्मियों की जांच पर अधिक जोर दिया जा रहा है रांची सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रिम्स के पेईंग वार्ड में भर्ती कराया गया है वे कल कोरोना को लेकर एक बैठक में शामिल हुए थे इससे पहले भी सिविल सर्जन कार्यालय के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं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

इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली गई केन्द्रीय टीम ने कल पूर्वी सिहंभूम जिले के सैम्पल कलेक्शन सेन्टर और कन्टेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया केन्द्रीय टीम में डॉक्टर तापस कुमार राय डॉ पूर्णिमा तिवारी और डा अमरेन्द्र महापात्रा शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है

वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जयप्र में पत्रिका गेट के उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत बनाने का भी आग्रह किया देश के प्राचीन साहित्य के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि आज के ट्वीट और गूगल के इस युग में नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की आवाज भी ज्यादा सुनी जा रही है

इस संबंध में आज विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची की टीम ने आज लोहरदगा जिले के कुड़ू से पचास लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है इस मामले मे आठ लोगों को हिरासत मे लेकर एनसीबी रांची की टीम पूछताछ कर रही है पुलिस को यह सूचना मिली कि उड़ीसा के कटक से एक ट्रक में लगभग पांच सौ पचास किलोग्राम गांजा बिहार के आरा जा रहा है एनसीबी की टीम ने कुड् शहरी क्षेत्र के मस्जिद चौक के पास ट्रक को रोककर ट्रक के केबिन में छिपाकर रखे गये पांच सौ पचास किलोग्राम गांजा बरामद किया गया एनसीबी की टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रक को स्कार्ट कर रही एक स्कारर्पियो को बस स्टैंड में पकड़ा हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है दुमका जिला प्रशासन ने विधानसभा उपचुनाव की प्राथमिक तैयारी कर ली है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई विभागों के उनतीस प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई कैबिनेट सचिव अजय कृमार सिंह ने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रस्ताव पर पांच किलो अनाज के लिए एक सौ इकतालीस करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई

मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है इस योजना के तहत मजदूरों को सौ दिनों के रोजगार की गारंटी है

हर वर्ष आठ सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों समुदायों और समाज के लिए सभी की साक्षरता के महत्व को दर्शाता है

इस दौरान जीवनपर्यन्त सीखने के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर लोगों को बधाई दी है एक टवीट संदेश मे श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार बच्चों को सशक्त बनाने के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबके लिए शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा विषय पर लगातार काम कर रही है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने आस पास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि साक्षर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है चार आरोपियों में दो अज्ञात हैं जबकि दो के नाम मालूम है पीड़ित साध्वी बनारस की रहने वाली है जो फरवरी से रानी जी के आश्रम में रह रही थी आश्रम में मौजूद सभी लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट भी की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त गोड्रा को साध्वी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच कर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया है